विधायक रविन्द्र चौबे मोहम्मद अकबर कवासी लखमा जयसिंह अग्रवाल डॉक्टर शिवकुमार डहरिया गुरू रूदकुमार डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम उमेश पटेल और अनिला भेड़िया मंत्रिमंडल में शामिल किए गए आज शाम हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बस्तर जिले में टाटा स्टील प्लांट के लिए अधिग्रहित की गई जमीन को किसानों को वापस करने का निर्णय लिया गया

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नौ विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई राज्य मंत्रिमंडल में सामान्य वर्ग से तीन पिछड़ा वर्ग से तीन अनुसूचित जाति से दो और अनुसूचित जनजाति वर्ग से तीन विधायकों को तथा अल्पसंख्यक वर्ग से एक विधायक को स्थान मिला है राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित समारोह में विधायक रविन्द्र चौबे मोहम्मद अकबर कवासी लखमा जयसिंह अग्रवाल डॉक्टर शिवकुमार डहरिया गुरू रूदकुमार डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम उमेश पटेल और अनिला भेड़िया ने मंत्री पद की शपथ ली

इस समारोह में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा सहित कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे आज जिन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली उनमें रविन्द्र चौबे साजा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर आए हैं श्री चौबे विधि स्नातक हैं और सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं श्री चौबे पूर्व में मंत्री और नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं सरगुजा के प्रतापपुर से विधायक चुने गए डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम पूर्व में भी मंत्री रहे हैं अजीत जोगी सरकार में मंत्री रहे मोहम्मद अकबर एकमात्र अल्पसंख्यक नेता हैं जिन्होंने कवर्धा सीट से सर्वाधिक वोटों से जीत का रिकॉर्ड दर्ज किया है बस्तर के कोटा से चार बार विधायक चुने गए कवासी लखमा आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं वहीं डौंडीलोहारा सीट से दूसरी बार चुनकर आई विधायक अनिला भेड़िया भी इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं वर्तमान में राज्य कांग्रेस इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर शिवकुमार डहरिया अनुसूचित जाति वर्ग से हैं अपनी सीट बदलकर वह इस बार आरंग से विधायक बने हैं वहीं अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले अहिवारा सीट से विधायक बने गुरू रूदकुमार को भी मंत्री बनाया गया है

वहीं खरसिया से दूसरी बार विधायक बने इंजीनियर उमेश पटेल युवा वर्ग का नेतृत्व करते हैं और मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र के मंत्री हैं श्री पटेल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंदकुमार पटेल के बेटे हैं गौरतलब है कि प्रदेश में हए विधानसभा चुनाव में नब्बे में से अड़सठ सीटों पर कांग्रेस की जीत के बाद भूपेश बघेल ने बीते सत्रह दिसंबर को मुख्यमंत्री पर्द की शपथ ली थी इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी समारोह के बाद राजीव भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल के गठन में सभी वर्गों के अलावा सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का भी ध्यान रखा गया है मंत्रिमंडल निर्णय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज शाम हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बस्तर जिले में टाटा स्टील प्लांट के लिए अधिग्रहित की गई जमीन को किसानों को वापस करने का निर्णय लिया गया है बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी देते हुए मंत्री रविन्द्र चौबे और मोहम्मद अकबर ने पत्रकारों को बताया कि टाटा ने स्टील प्लांट लगाने में असमर्थता जाहिर की है इसलिए अधिग्रहित भूमि को किसानों को वापस लौटाने का फैसला लिया गया है गौरतलब है कि बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा क्षेत्र में टाटा इस्पात संयंत्र के लिए दस गांवों के किसानों की भूमि वर्ष दो हजार आठ में अधिग्रहित की गई थी कांग्रेस भाजपा बैठक इधर मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि कार्य समिति की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए भी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि प्रत्याशी चयन में भी कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में विशेष ध्यान देने के लिए कहा श्री बघेल ने कहा कि जहां बीएलए नियुक्त नहीं है वहां जल्द ही इनकी नियुक्ति की जाएगी उधर भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक कल रायपुर के एकात्म परिसर में आयोजित की जाएगी इस बैठक में यूवा मोर्चा के भविष्य की कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की जाएगी बैठक के उद्घाटन सत्र को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक और समापन सत्र को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह संबोधित करेंगे

ऐसे मतदाता जो अगले साल एक जनवरी को अट्ठारह वर्ष के हो जाएंगे वे आवेदन प्रस्तुत कर अपना नाम मतदाता सूची में जुडवा सकते हैं सभी मतदान केन्द्रों में ये आवेदन निःशुल्क उपलब्ध रहेंगे साथ ही मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन दिए जा सकते हैं नये मतदाता अपना नाम जुड़वाने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर की वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं गौरतलब है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कल विस्तृत मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा इसके बाद पच्चीस जनवरी तक दावा आपत्ति की जा सकेगी वहीं प्राप्त दावों और आपत्तियों का निराकरण ग्यारह फरवरी के पहले किया जाएगा अट्ठारह फरवरी से पहले पूरक मतदाता सूची तैयार की जाएगी वहीं संशोधन और नाम जोड़ने के बाद बाईस फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा सुशासन दिवस पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है देशभर में इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं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 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह उनकी समाधि पर श्रद्वासुमन अर्पित किए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों और अटल जी के परिवार के सदस्यों ने उन्हें श्रद्वासुमन अर्पित किए इधर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उनके द्वारा किए गए सामाजिक राजनीतिक और उत्कृष्ट कार्यों को याद किया वहीं राज्य सरकार ने कल छब्बीस दिसंबर को सुशासन दिवस मनाने का निर्णय लिया है जिसके संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं मुख्यमंत्री रोड शो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य की मूल पहचान और धरोहर को बनाए रखना सरकार का मुख्य संकल्प है कल अमलेश्वर से दुर्ग तक रोड शो करने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की उपज लागत कम करने के अलावा उनकी आय बढ़ाने के लिए सबसे सहयोग मांगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जामगांव महाविद्यालय का नाम दाऊ रामचंद्र साहू के नाम पर करने की घोषणा की माओवादी वारदात राजनादगांव जिले में माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगी वाहनों को आग लगा दिया मिली जानकारी के अनुसार सीतागांव थाना अंतर्गत टाटेकसा मार्ग पर इन दिनों सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है बीती शाम अचानक माओवादियों ने धावा बोला और निर्माण कार्य में लगी जेसीबी ट्रक और ट्रैक्टर को आग लगा दी क्रिसमस क्रिसमस का पर्व आज उत्साह और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है पच्चीस दिसंबर का दिन दुनियाभर में इसाई समुदाय के लोग प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं गिरजाघरों में मध्य रात्रि के समय विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं प्रदेश में भी क्रिसमस का पर्व धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां दीं इस मौके पर गिरजाघरों को आकर्षक रूप से सजाया गया है रायपुर के बैरन बाजार अमलीडीह और अन्य गिरजाघरों में बीती रात से विभिन्न कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हुआ जो आज दिनभर जारी रहा रणजी ट्रॉफी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच नया रायपुर में खेला गया रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच ड्रॉ हो गया है चौथे और अंतिम दिन एक सौ चौहत्तर रन का पीछा करने उतरी छत्तीसगढ़ की टीम खेल समाप्त होने तक केवल इंक्यानवे रन बना पाई इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी महाराष्ट्र की टीम दो सौ उनतालीस रन बनाकर ऑलआउट हो गई थी इसके जवाब में छत्तीसगढ़ ने अपनी पहली पारी में चार सौ बासठ रन बनाए थे वहीं महाराष्ट्र ने अपनी दूसरी पारी तीन सौ संतानवे रनों पर घोषित कर दी थी छत्तीसगढ़ का अगला मैच तीस दिसंबर से कर्नाटक से होगा

प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ सहित राजस्थान तेलंगाना आंध्रप्रदेश चंडीगढ़ दिल्ली गुजरात हरियाणा जम्मू और कश्मीर मध्यप्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा पंजाब उत्तर प्रदेश मणिपुर के अलावा विद्याभारती और सीबीएसई की टीमें भाग लेंगी स्पर्धा में करीब छह सौ अस्सी से अधिक बालक और बालिका भाग लेंगे इकतीस दिसंबर तक चलने वाली इस स्पर्धा में सॉफ्टबॉल और डॉजबॉल की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी